सिरोही के आबू रोड में ब्रहमाकुमारी संस्था में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आज होगा समापन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दो दिनों का यह कार्यक्रम आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी आज एक स्मारक डाक टिकट के विमोचन के साथ साथ आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ग्रेंड चैलेंज नाम के नये मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी ं करेंगे वे आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के चुनिंदा लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे आरोग्य मंथन का उद्देश्य पीएम जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पक्षों को एक साझा मंच प्रदान करना है ताकि वे इस योजना के अमल में आने वाली चुनौतियों के बारे में बातचीत कर सकें योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाना भी इसका एक अहम उद्देश्य है नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में सम्पूर्ण प्रदर्शन रैकिंग में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है केरल को पहला और कर्नाटक को तीसरा स्थान मिला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि वृद्दिशील प्रदर्शन रैंकिंग में हरियाणा पहले असम दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों की सम्पूर्ण प्रदर्शन की श्रेणी में मणिपुर शीर्ष पर है नीति आयोग विश्व बैंक और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर यह इंडेक्स रिपोर्ट पहली बार तैयार की है

रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया यह मिसाइल जमीनी लड़ाई में उपयोगी साबित होगी

परीक्षण की सफलता पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने डी आर डी ओ की टीम ब्रह्मोस और संबंधित उद्योगों को बघाई दी है सिरोही के आबू रोड में ब्रहमाकुमारी संस्था में चल रहे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आज समापन होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला मुख्य आतिथ्य में समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है पांच दिनों तक चले इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में आध्यात्म के माध्यम से शांति और एकता को लेकर चर्चा की गई कल सम्मेलन में केन्द्रीय सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री प्रतापचन्द्र सारंगी ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सभी को मिलकर करना होगा

गौरतलब है कि खींवसर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी हरेन्द्र मिर्घा का सीधा मुकाबला भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल से है जबकि मंडावा में कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी और भाजपा की प्रत्याशी सुशीला सीगडा में टक्कर होगी

महात्मा गांधी के विचारों के साथ पार्टी को मजबूत करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस आज जयपुर में मंथन करेगी

बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले सम्मेलन में विधानसभा उप चुनाव निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी में जूटने की रणनीति पर मंथन होगा पार्टी के सदेस्यता अभियान को लेकर बडे स्तर पर चलाने को लेकर भी संवाद किया जायेगा

उनके साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश पॉण्डे और पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से सदस्यता फॉर्म भरवाया जायेगा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार समय रहते ही पंचायत पुनर्गठन का काम पूरा कर लेगी इसके लिये बनी उप समिति की दो बैठके हो चुकी है एक और बैठक के बाद जल्द ही इस बारे में निर्णय कर लिया जायेगा श्री पायलट ने कल जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में राष्ट्रीय सरस एवं काफ्ट मेले के उदघाटन कार्यक्रम में संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही

घायलों को बाडमेर और सांचोर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रदेश में आज से रणथम्मौर और सरिस्का अभ्यारण्य पर्यटकों के लिये फिर से खोल दिए गए है बारिश के कारण तीन महीने से बंद सरिस्का अभ्यारण्य में द्वारा सफारी शुरू हो गई है वहीं रणथम्मौर राष्ट्रीय उद्यान में भी आज से नये पर्यटन सत्र का आगाज हुआ

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने जयपुर में ई ऑक्शन सहायता केन्द्र कॉ उद्घाटन कर इसकी शुरूआत की